वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं

इस योजना के तहत चार वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है यदि कर्जदार ऋण जल्दी चुकाना चाहे तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा

किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया है लॉकडाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता के साथ ही फी राशन उपलब्ध कराने में भी राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी श्री गहलोत आज वीडियो कांफेस को माध्यम से पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिक कोरोना जागरूकता का संदेश गांव ढाणी तक पहुंचाएं और आमजन को बचाव के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करें बचाव ही उपाय है ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना संकमण को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने डेढ साल के कार्यकाल में सैनिक कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं

इसके अलावा अन्य राज्य के एक व्यक्ति में भी इस वायरस के संकमण की पुष्टि हुई है

उधर प्रतापगढ की जिला अदालत में एक कर्मचारी के कोरोना संकमण की प्रष्टि होने के बाद अदालत परिसर को सैनेटाइज किया गया

आज अंतिम दिन भी कोरोना संकमण को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बढाने के उददेश्य से विभिन्न कार्यक्रम हए प्रतापगढ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई टोंक जिले के मालपुरा में दुकानदारों भोजनालयों ई भित्र मोबाइल दुकानों कार्यालयों और बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों से कोरोना स्वास्थ्य दिशा निर्देशों की पालना के लिए शपंथ पत्र भी भरवाए गए सवाईमाघोपुर में कोराना जागरूकता विशेष अभियान के तहत नगर परिषद सवाईमाघोपुर की ओर से कोरोना जागरूकता का संदेश लिखे कपड़े के थैलों का वितरण किया गया इस अवसर पर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगाने अन्य लोगों से दो गज की दूरी बनाए रखने तथा समय समय पर साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथों को लगातार साफ करने के लिए जागरूक किया गया आयर्वेद विमाग की ओर से इस अवसर पर लोगों को विशेष आयर्वेदिक काढा भी पिलाया गया

पिछले दो दिन से मानसून के फिर से सकिय होने से बुआई में तेजी आने की संभावना है कृषि आयुक्त डॉ ओम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में बीज की अनुमानित मांग सवा दो लाख टन है

अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है

उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सुरक्षित बचपन ही ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण करता है राज्यपाल को आज राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बच्चों के विजन मिशन का डॉक्यमेंट भेंट किया इस मौके पर श्रीमती बेनीवाल ने बताया कि बाल आयोग बच्चों का सर्वागीण विकास करने बाल अधिकारों के उल्लघन को रोकने और बच्चों को बाल अधिकारों की जानकारी देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है

पंजाब में प्रवेश करने वाले यात्रियों को पहले कोवा ऐप या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा ई पंजीकरण का उद्देश्य सीमा चौकियों पर भीड़भाड़ और लंबी पंक्तियों के कारण यात्रियों को असुविधा से बचाना है गौरतलब है कि प्रदेश के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ जिले से लोगों का पंजाब के विभिन्न स्थानों पर रोजाना आना जाना होता है

भरतपुर जयपुर उदयपूर राजसमंद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गयी

आज तथा कल भरतपूर तथा जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में एक दो जगह भारी बारिश होने के आसार हैं